राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है उन्होंने ये भी कहा कि यदि पाकिस्तान आतंकवाद समाप्त करने में भारत का सहयोग चाहता है तो भारत इसके लिए तैयार है लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को कठोर निर्णय लेने होंगे गृह मंत्री ने इस मौके पर विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और कहा कि वह जाति व धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उन्होंने कहा कि देश में स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए क्योंकि आज राजनीति में मूल्य गिरते जा रहे हैं राजनाथ सिंह ने प्रदेश की जयराम ठाक्र सरकार के कार्यो की सराहना की और कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पन्ना प्रमुखों की भूमिका अहम रहेगी सुरेश भारद्वाज प्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में योग को पाठयक्रम के रूप में शामिल किया जाएगा

उन्होंने कहा कि ध्यान व योग भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्वति में इन दोनों पर ही विशेष ध्यान दिया जाता रहा है उन्होंने ये भी कहा कि सरकार न्यूरोसाइंस व मेटा फिजिक्स को विषय के रूप में आरंभ करने की संभावनाओं का भी पता लगाएगी

सुरेश कश्यप विधानसभा की सामान्य विकास समिति के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि श्री रेणुकाजी तीर्थ स्थल को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा सिरमौर जिला में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की नाहन में गत सायं अधिकारियों के साथ एक बैठक में समीक्षा करते हुए सुरेश कश्यप ने कहा कि मास्टर प्लान के तहत श्री रेणुकाजी में पर्यटकों के लिए सुविधाओं का सुजन किया जाएगा विघानसभा की सामान्य विकास समिति ने इससे पहले रेणुकाजी का दौरा कर यहां पर्यटन की बेहतर संभावनाओं का जायजा लिया समिति के अन्य सदस्यों में विधायक जगत सिंह नेगी इंद्र दत्त लखनपाल रविन्द्र कमार धीमान और सुंदर सिंह ठाकर शामिल थे अनुराग सांसद भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र से अब तक तीस मेधावी विद्यार्थियों का चयन किया है

इस दौरान इन मेधावी छात्रों को हवाई यात्रा का भी मौका मिलेगा डेजी ठाकुर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकर ने कहा है कि समाज में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार व उत्पीड़न को तभी समाप्त किया जा सकता है जब महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति स्वयं जागरूक रहेंगी डेजी ठाकर आज सोलन में महिला व बाल विकास द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित कर रही थी इस शिविर का आयोजन राज्य महिला आयोग द्वारा महिला हिंसा विरोधी पखवाड़े के तहत किया गया डीसी शिमला उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने कहा है कि सर्दियों के सीजन खासकर बर्फबारी के दौरान शिमला शहर में पर्यटकों की भारी आमद के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं

उन्होंने यह भी कहा कि पर्यटकों के वाहनों को शिमला शहर में प्रवेश पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है और शहर के भीतर स्थित पार्किंग स्थलों पर भी अपने वाहन खड़े कर सकते हैं युवा उत्सव सोलन में आयोजित दो दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव आज सम्पन्न हो गया जिला युवा सेवाएं व खेल विमाग द्वारा आयोजित इस युवा उत्सव में जिले के विभिन्न हिस्सों से लगभग दो सौ युवाओं ने गायन नृत्य तबलावादन और अन्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया विभाग के संयोजक बली राम शर्मा ने समापन अवसर पर कहा कि इस युवा उत्सव का उददेश्य युवा पीढ़ी को तनाव और नशे जैसी असामाजिक बुराईयों से दूर रखना था शोक राष्ट्रीय विकास संस्था की हिमाचल प्रदेश इकाई और राज्य कला संस्कृति व भाषा अकादमी ने प्रसिद्ध गायक प्रताप चंद शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है राष्ट्रीय विकास संस्था की आज शिमला में अध्यक्ष ओपी शर्मा की अध्यक्षता में हई शोक सभा में प्रताप चंद के निधन को प्रदेश की लोक गायकी के लिए अपूर्णीय क्षति बताया गया सभा ने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई है